देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को पुण्य तिथि पर श्रद्दासुमन अर्पित

नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर चल रहा है और हाल के वर्षो में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसी दिन लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा सकती है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पावर ग्रिड निगम से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भागीदार बनने का आग्रह किया है आज नई दिल्ली में पावर ग्रिड निगम के सीएमडी रवि पी सिंह से भेंट के दौरान उन्होंने निगम की विभिन्न परियोजना विशेषकर सौर ऊर्जा क्षेत्र के बारे में चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इसका दोहन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है दौरा रोप वे प्रणाली के अध्ययन के लिए राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने बोलीविया स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया का दौरा किया मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ रोप वे कंपनी की वी निर्माण इकाईयों के बारे में जानकारी हासिल की संजय कृंडू ने बताया कि रोप वे निर्माण की विश्व स्तरीय प्रणाली हिमाचल में प्रयोग में लाई जा सकती है ताकि दुर्गम क्षेत्रों के साथ वर्षभर कनेक्टिवीटी प्रदान की जा सके सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद सुरेश कश्यप च्नाव जीतने के बाद पहली बार आज अपने विधानसभा क्षेत्र पच्छाद पहुंचे जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया

उत्कृष्ठ सेवा सम्मान समारोह में आज ज़िला दूरसंचार महाप्रबंधक एमसीसिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार करना निगम की प्राथमिकता है

कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुदर्शन गुप्ता ने आज धर्मशाला में बताया कि आचार संहिता हटने के बाद योजना की पंजीकरण प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है

प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया

उन्होंने कहा कि ग्रीष्मोत्सव के दौरान इस बार पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किए हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है नाहन में आज भाजपा के धन्यवाद सम्मेलन में उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मामले में नई बुलंदियों को छुएगा सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि राज्य में लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा प्रत्याशियों को सबसे अधिक मत प्रतिशत प्राप्त हुए हैं ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल में भाजपा उम्मीदवारों का मत प्रतिशत अधिक रहा जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है

इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए गए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में भी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य नेताओं ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की अग्निहोत्री ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से पंडित जवाहर लाल नेहरू के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने का आहवान किया उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू की भूमिका को देशवासी कभी नहीं भूला पाएंगे किसान समिति किसान संघर्ष समिति ने सरकार से किसानों व बागवानों को विभिन्न मंडियों में हो रही धोखाधड़ी से बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है समिति के सचिव संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश के हज़ारों किसानों को आढ़तियों और खरीददारों ने पिछले कई वर्षों से सैंकड़ों करोड़ रूपये के बकाए का भुगतान नहीं किया है और दोषियों के खिलाफ एपीएमसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए